मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महिला सुरक्षा पर दिया जोर पुलिस अधिकारियों को इस दिशा में जरूरी कदम उठाने का निर्देश

रांची के कांके स्थित लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ द्वष्कर्म मामले में ग्यारह आरोपी दोषी करार

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बालाकोट में आज ही के दिन आतंकवादियों के प्रशिक्षण ठिकानों पर वायुसेना ने बम बरसाकर उन्हें नष्ट कर दिया था उसी दिन राजस्थान में चुरू में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भरोसा दिलाया था कि देश सुरक्षित हाथों में है इस अवसर पर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना को उसके अदम्य शौर्य और पराक्रम के लिए नमन किया है एक ट्वीट में रक्षामंत्री ने कहा कि यह भारतीय वायुसेना के जांबाज योद्वाओं द्वारा आतंकवाद के विरूद्व की गई सफल कार्रवाई थी उन्होंने कहा कि भारत द्वारा बालाकोट में की गई वायुसेना कार्रवाई आतंकवाद के विरूद्व भारत के सख्त रवैये को प्रदर्शित करती है श्री सिंह ने आतंकवाद के खिलाफ नई रणनीति अपनाने और आतंकवाद से निपटने को तरीकों के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों की स्थिति की आज समीक्षा की कई दवीट के माध्यम से श्री मोदी ने कहा कि पुलिस तथा अन्य एजेंसियां शांति स्थापित करने और स्थिति को सामान्य बनाने में जमीनी स्तर पर काम कर रही हैं उन्होंने कहा कि शांति और सद्भाव हमारे देश के चरित्र में शामिल हैं उन्होंने सभी से हमेशा शांति और भाईचारा बनाये रखने की अपील की उन्होंने कहा कि स्थिति को यथाशीघ्र सामान्य बनाना सबसे जरूरी है

जमशेदपुर के गोलमुरी में छेडखानी का विरोध करने पर एक महिला पर कुछ युवर्को द्वारा हमला किए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए श्री सोरेन ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के बगैर राज्य का विकास संभव नहीं है उन्होंने ट्वीट संदेश के जरिए पुलिस अधिकारियों को इस दिशा में जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है केन्द्र सरकार ने दक्षिण कोरिया ईरान और इटली की यात्रा न करने के लिए परामर्श जारी किया है

इस बीच झारखंड सरकार ने दोहराया है कि कोरोना वायरस से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित कोई भी व्यक्ति नहीं पाया गया है स्वास्थ्य विभाग चीन से आने वाले यात्रियों की प्रतिदिन निगरानी कर रहा है एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत विभिन्न राज्यों को एक द्सरे की संस्कृति साहित्य लोककला नृत्य संगीत जानने का अवसर मिल रहा है

एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम रांची और धनबाद नगर निगम के कार्यालय में छानबीन कर रही है बताया जाता है कि दोनों जगहों पर भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने के बाद सरकार के आदेश पर यह कार्रवाई की जा रही है टीम विभिन्न मामलों से संबंधित पुरानी फाइलों की जांच कर रही है एसीबी ने रांची स्थित रजिस्ट्री ऑफिस और डोरंडा थाने में भी छानबीन की राष्ट्रपति डॉ रामनाथ कोविंद अठाईस फरवरी को झारखंड के दो दिवसीय दौरे पर रांची आने वाले हैं वे रांची के चेरी मनात् स्थित सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में भाग लेने के साथ यूनिवर्सिटी के नवनिर्मित भवनों का उद्घाटन भी करेंगे इसके अगले दिन राष्ट्रपति गुमला और देवघर का दौरा करेंगे राष्ट्रपति के आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी के आंसपास माइनिंग वर्क पर रोक लगा दी है इस संबंध में उपायुक्त महिमापत रे ने समीक्षा बैठक की उपायुक्त ने राष्ट्रपति के आगमन के दौरान व्यवस्था की जिम्मेदारी अधिकारियों को सौंपी इसके अलावा कार्यक्रम स्थल पर चिकित्सीय व्यवस्था पेयजल और बिजली व्यवस्था अग्निशमन व्यवस्था सहित मार्गों की साफ सफाई का भी आदेश दिया है पश्चिमी सिंहभूम जिले में कौशल विकास योजना के तहत अब सखी मंडल के परिवारजनों को भी जोड़ने की कवायद की जा रही है

वहीं एक आरोपी नाबालिग है जिसकी सुनवाई जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में चल रही है सजा के बिंदु पर दो मार्च को सुनवाई होगी सामूहिक दुष्कर्म की यह घटना पिछले वर्ष छब्बीस नवंबर को हुई थी

रोहतक के महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय की कोमल पोहर ने रजत और उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय की प्रेरणा सोनवाने ने कांस्य पदक जीता

उन्होंने कहा कि श्री मरांडी यह अर्हता पूरी नहीं करते केंद्रीय सूक्ष्म लघ् एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय की ओर से आज बोकारो स्टील प्लांट के मानव संसाधन विकास सेंटर में निर्यात और विपणन पर आधारित प्रबंधन विकास कार्यशाला का आयोजन किया गया कार्यशाला में बड़ी संख्या में उद्यमी और यूवा शामिल हुए

रामगढ़ जिले में जनगणना की तैयारी शुरू कर दी गई है

राज्य के सभी गिरजा घरों में आज राख बुधवार की विशेष प्रार्थना की गई गूड फाईडे और ईस्टर की तैयारी को लेकर आयोजित होने वाले राख बुधवार मनुष्यों के नश्वर होने की याद दिलाता है